उन्होंने अटल टनल रोहतांग परियोजना मुख्यालय में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और टनल को जल्द अंतिम रूप प्रदान करने के निर्देश दिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाहौल स्पीति जिले में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोज़गार व स्वरोज़गार के नए अवसर सुजित होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुरंग लाहौल घाटी के लोगों के लिए वरदान साबित होगी क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों का सम्पर्क देश के अन्य भागों से कट जाता था

सीमा सड़क संगठन के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर केपी पुरूषोथमन ने मुख्यमंत्री को परियोजना का कार्य समयबद्ध पूरा करने का आश्वासन दिया इस दौरान जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने पर बल दिया है

राज्यपाल ने एक लक्षित रणनीति के तहत विजन डोक्यूमेंट बनाने और सुनियोजित ढंग से कार्य योजना तैयार करने की जुरूरत भी बताई बंडारू दत्तात्रेय ने नई शिक्षा नीति को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए दीर्घकालिक व अल्पकालिक योजनाएं बनाने का सुझाव भी दिया राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों के व्यवहारिक प्रयासों से ही इस नीति को लागू करने में हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बन सकता है बैठक में प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार भी मौजूद रहे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सुना जा सकेगा इसके अलावा यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा

धर्मशाला में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज़िला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही है और समाज के पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अनेक अहम निर्णय लिए गए हैं

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देश की एकता व अखंडता और पार्टी की मजबूती के लिए एकजुटता से कार्य करने का आहवान किया है

राठौर ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है राठौर ने ये भी कहा कि पिछले लगभग डेढ़ साल के कार्यकाल में उन्होंने पार्टी नेताओं को एक मंच पर लाने में सफलता हासिल की है पौधरोपण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन दिनों पर्यावरण संरक्षण सहित पंचायतों के साथ लगते क्षेत्रों में लोगों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए जंगली फल लगाओ फसलों को बचाओ अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत आज किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले के सांगला सहित अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने के लिए कानूनी जागरूकता और वृक्षारोपण अभियान चलाया प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान इस दौरान बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे उन्होंने कहा कि जंगली फलदार वृक्षों के रोपण के लिए इच्छुक पंचायतों महिला व युवक मंडलों और गैर सरकारी संगठनों की पहचान की जा रही है